वे यहां अंबेडकर जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यकम में हिस्सा लेंगे

वे सबसे पहले बाबा साहब की प्रतिमा पर प्रष्पांजलि अर्पित करेंगे इसके बाद वे देशभर से यहां पहॅंच रहे लोगों को संबोधित करेंगे इस समारोह के लिए लोगों का महू पहुँचना शुरू हो गया है पुलिस सतर्क दो अप्रैल को भारत बंद के दौरान हुई हिंसा से सबक लेकर भिंड जिला और पुलिस प्रशासन कल अंबेडकर जयंती को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है चंबल संभाग आयुक्त और पुलिस महानिरीक्षक ने कल पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की बैठक में आईजी ने जिम्मेदारी तय करते हुये कहा कि यदि कल किसी तरह का कोई विवाद सामने आया तो संबंधित एसडीओपी और थाना प्रभारी के खिलाफ कार्यवाई की जायेंगी

कांग्रेस अभियान कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी के निर्देश पर पार्टी की मध्यप्रदेश ईकाई के अध्यक्ष अरूण यादव कल डॉ अम्बेडकर जयंती पर उनकी जन्मस्थली मह से पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के आयोजन संविधान बचाओं अभियान की शुरूआत करेंगे पार्टी के संगठन प्रभारी महामंत्री चंद्रिका प्रसाद द्विवेदी ने यह जानकारी दी उन्होंने आरोप लगाया कि देश में इन दिनों एक विचार धारा संवैधानिक मूल्यों को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है जो लोकतंत्र के लिये खतरा है

दिल से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अम्बेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर आज आकाशवाणी से प्रदेशवासियों से चर्चा करेंगे श्री चौहान अपने मासिक कार्यक्रम दिल से में बाबा साहेब अम्बेड़कर के जीवन और समसामयिक विषयों पर चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों से होगा सुविधा केन्द्र प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को पर्यटन स्थलों तक सुविघाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य में मार्ग सुविधा केन्द्र नीति लागू की गई है

राज्यपाल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दो दिवसीय जबलपुर प्रवास पर है आज सुबह श्रीमती पटेल विश्व प्रसिद्ध पयर्टन स्थल मेड़ाघाट पहुंची वहीं राज्यपाल ने रानी दुर्गावती महिला अस्पताल का निरीक्षण किया उसके बाद उन्होंने रानी द्र्गावती विश्वविद्यालय पहंचकर करीब दो करोड़ की लागत से बने कम्प्युटर ई लाइब्रेरी एकात्म भवन का लोकार्पाण किया

इसी कड़ी में ग्वालियर में भी इस अभियान के तहत हितग्राहियों को राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जायेगा

जिनमें भारत सरकार के सात उच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों का शत प्रतिशत क्रियान्वयन कियाा जायेगा मौसम प्रदेश के मौसम में अचानक बदलाव आने से कई स्थानों पर गरज चमक के साथ कल हल्की बारिश हुई राजधानी भोपाल में शाम के वक्त तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने से तापमान में गिरावट आई वहीं हमारे बड़वानी संवाददाता ने बताया कि जिले में हल्की वर्षा होने से तापमान में कमी आई है जिले के बोकरटा जुलवानियां और पलसुद में तेज बारिश हुई मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तर पश्चिमी मध्यप्रदेश में चकवात के चलते मौसम में अचानक बदलाव आया है अगले दो दिन तक मौसम ऐसा ही बने रहने का अनुमान है

अभी तक इन केन्द्रों पर आठ हजार मिट्रिक टन गेंहूँ खरीदी की जा चुका है

पन्ना में कांग्रेस पार्टी में किसान मजदूर सम्मेलन का आयोजन किया है

श्री गुप्ता ने इस अवसर पर रहवासियों को शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं की मी जानकारी दी